इस अतिरिक्त भूमि को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हवाई अड्डों के निर्माण व विस्तार से प्रदेश में पयर्टन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा विक्रम ठाकुर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि ई परिवहन प्रणाली से उपभोक्ताओं को ऑनलाईन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे धर्मशाला में आज परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ई परिवहन के तहत लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि ई परिवहन प्रणाली से ड्प्लीकेट आरसी वाहन पंजीकरण नवीनीकरण स्वामित्व हस्तांतरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी विक्रम ठाक्र ने अधिकारियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने के निर्देश दिए शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी कांगड़ा के द्रोणाचार्य महाविद्यालय द्वारा शिक्षा नीति पर आयोजित दो दिवसीय सैमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और उन्हें रोजगारपरक बनाएगी

इसमें बैडमिंटन टैनिस वॉलीबॉल बास्केट बॉल कृश्ती और जिमनास्टिक जैसी खेलों का आयोजन होगा

उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद को ट्रैक्टर ऑटो और थ्री व्हीलर भी भेंट किए

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज शिमला में भारतीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रखरखाव पर भी विस्तार से चर्चा की राज्यपाल पत्रकार भारतीय पत्रकार कल्याण मंच ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हिमाचल के पत्रकारों को मासिक पैंशन देने की मांग की है संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री की अध्यक्षता में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने आज शिमला में राज्यपाल से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा शिमला प्रैस क्लब के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हेडली सहित कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस अवसर पर मौजूद रहे

राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत करने का भरोसा दिलाया

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक कदम उठा रही है

किन्नौर से हमारे संवाददाता सीताराम नेगी ने बताया है कि ज़िले के सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने इन मामलों की पुष्टि की है

कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक रोहण चंद ठाकुर ने बताया कि इन लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित विभिन्न उद्योगों व कंपनियों से इस बारे में सम्पर्क किया गया है समन्वय बैठक सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी डकैती और अवैध खनन को रोकने के लिए सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब में आज पुलिस की अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया इसमें हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चारों राज्यों द्वारा संगठित होकर काम करने पर विचार विमर्श किया गया

इस अधिसूचना में नई पैंशन योजना के कर्मचारी की मौत पर परिवार को पैंशन देने का प्रावधान है वन मंत्री ने आगामी कैबिनेट की बैठक में इस मुददे को उठाने का भरोसा दिलाया

राज्यपल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों विशेष रूप से वाल्मिकी समुदाय के लोगों को बधाई दी है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य उपायों का पालन करने का आग्रह किया है मनाली से आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और महिला मंडल प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करके ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस समय महिलाओं को रोल मॉडल बनने की जरूरत है ताकि सभी लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा सके अधिसूचना मंडी नगर परिषद को नगर निगम बनाने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है